अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उनके समर्पण वैश्विक आर्थिक वृद्धि की मजबूती के लिए किये गये प्रयासों और भारत में विकास को गति देने के लिए श्रो मोदी को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है

श्री नरन्द्र मोदी ने प्रतिष्ठित पुरस्कार देने और भारत के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी के लिए दक्षिण कोरिया का आभार प्रकट किया है उन्होंने पुरस्कार स्वीकार कर लिया है मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बहराइच और खलीलाबाद के बीच करीब पांच हजार करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली बड़ी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में केन्द्रीय मत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चार आकांक्षी जिलों से होकर गुजरने वाले इस रेल मार्ग के बनने से बौद्व पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा

श्री प्रसाद ने बताया कि आर्थिक मामलों की समिति ने आशा कार्यकर्ताओं का प्रतिदिन का विजिट चार्ज बढ़ाया है इस फैसले से स्वास्थ्य से जुड़े एक करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा

लखनऊ में आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और सरकार के साथ समन्वय के संबंध में बैठक आयोजित की गई

बैठक में चुनावी मुद्दों सरकार के कामकाज सहित कई महत्वपूर्ण बिन्द्रओं पर चर्चा की गई सरकार ने कहा कि सीबीआई देश की प्रमुख जांच एजेंसी है और इसकी संस्थागत सत्य निष्ठा बनाये रखना पहली शर्त है वित्तमत्री अरूण जेटली ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों पर आरोप लगना असाधारण स्थिति है श्री जेटली ने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई करने और सीबीआई की संस्थागत ईमानदारी बनाये रखने के लिए दोनों अधिकारी अंतरिम उपाय के तौर पर अवकाश पर रहेंगे उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश और सरकार की कार्रवाई का उद्देश्य सीबीआई की सस्थागत सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता बहाल करना है श्री जेटली ने कहा जैसे इंवेस्टीगेशन का अधिकार सीवीसी के पास है अन्य विषयों का सुपरिटेंडेंश का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है तो केन्द्र सरकार ने जो ऑर्डर पास किया है इट इज ऑनली टू गिव इफेक्ट टू दी रेकमनडेशन ऑफ द सीवीसी श्री जेटली ने कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने कल अपनी बैठक में कहा था कि श्रो आलोक वर्मा या श्री राकेश अस्थाना या उनके निरीक्षण में कोइ अन्य एजेंसी उनके खिलाफ आरोपों की जांच नहीं कर सकती है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

यह इस रेडियो कार्यक्रम की उन्चासवीं कड़ी होगी

यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा

प्रदेश सरकार ने आगामी इकतीस अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाये जाने के निर्देश दिये हैं

इस अवसर पर सभी विद्यालयों में भी छात्र छात्राओं और शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रीय एकता में योगदान पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जायें गी हिन्दुओं के पौराणिक ग्रन्थ रामायण के रचयिता महर्षि बाल्मीकि की जयन्ती आज प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई गई इस अवसर पर लोगों ने महर्षि के चित्र पर फूल मालायें चढ़ा कर प्रजन अर्चन किया कुशीनगर में वक्ताओं ने उन्हें आदिकवि बताते हुए कहा कि सबसे पहले बाल्मीकि ने ही रामकथा को रामायण के रूप में लिपिबद्ध किया बलरामपूर जनपद में बाल्मीकि मंदिर पर पूजन अर्चन के बाद शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए बुराई छोड़ अच्छाई के रास्ते पर चलने की अपील की गई कन्नौज के तिर्वा गुरसहायगंज और छिबरामऊ सहित कई स्थानों पर गोष्ठियां आयोजित कर महर्षि जीवन पर प्रकाश डाला गया प्रदेश के खेल मंत्री चेतन चौहान ने कहा है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में उच्च स्तरीय खेल अकादमी स्थापित की जायेंगी मेरठ में एक कार्यक्रम के दौरान श्री चौहान ने कहा कि इन खेल अकादमी में खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं और अभ्यास करने की व्यवस्था होगी उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में प्रशिक्षकों की संख्या काफी कम छह सौ है जिसे बढ़ाकर प्रथम चरण में नौ सौ पचास करने की योजना बनाई गई है केन्द्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बाधाएं दूर करने के लिए संबंधित पक्षों से सक्रिय कदम उठाने और परियोजनाओं के अमल में तेजी लाने को कहा है जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने परियोजनाओं की गहन समीक्षा की श्री गडकरी ने कहा कि बड़ी तेजी से काम हो रहा है और नमामि गंगे कार्यक्रम काफी सफल रहेगा भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक कोविद कुमार सिंह के निधन पर भाजपा विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह की अगुवाई में लखनऊ में एक शोक सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्वाजंलि दी गई

शोकसभा में लोकतंत्र सेनानी समिति के प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे आकाशवाणी छतरपुर केन्द्र पर तैनात सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री हीरालाल का बीती रात लम्बी बीमारी के झांसी में निधन हो गया वह सत्तावन वर्ष के थे श्री लाल अपनी सेवा के दौरान झांसी ग्वालियर आगरा इलाहाबाद वाराणसी सहित कई केन्द्रों पर तैनात रहे शान्त और मिलनसार स्वाभाव के धनी श्री लाल के असामयिक निधन पर आकाशवाणी परिवार ने शोक व्यक्त किया है उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने आज कहा कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है वे मुम्बई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित एशिया प्रशान्त कृषि सूचना प्रौद्योगिकी संघ और कृषि में कम्पयूटर के यागदान पर विश्व कांग्रेस सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे श्री नायडू ने कहा कि देश के किसान डिजिटल स्मार्ट फार्मिंग के फायदों को जान चूके हैं समाप्त